कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में जल्द स्थापित की जाएगी आलू के चिप्स की फैक्ट्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा पैंशनरों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी सरकार प्रदेश में मौसम साफ रहने के बावजूद चार शहरों का पारा शून्य से नीचे पहुंचा कड़ाके की ठण्ड जारी नड्डा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राफेल रक्षा सौदे मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से देश से माफी मांगने की मांग की है

केन्द्रीय मंत्री ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अपने दुष्प्रचार में दी गई जानकारी का स्रोत उजागर करने को भी कहा ताकि देश की जनता को भी पता चले की उन्हें ये जानकारी कहां से मिली थी जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व यूपीए सरकार पर देश की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप भी लगाया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राफेल मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सच्चाई की जीत बताया है हरियाणा के रोहतक जिले में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कांग्रेस को करारा जवाब मिला है जिसने देश के लोगों को झूठा प्रचार कर गुमराह किया है जयराम ठाक्र ने कहा कि इस फैसले से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बेनकाब हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले पर झूठ बोलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाला जो दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रहित में राफेल विमान खरीदने का बड़ा निर्णय लिया है जो कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों को रास नहीं आ रहा है शांडिल पूर्व मंत्री और विधायक धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश व केन्द्र में भाजपा की सरकार आने के बाद से विकास की गति धीमी पड़ गई है सोलन में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का विकास की तरफ कोई ध्यान नही है शांडिल ने कहा कि सोलन जिले में लोगों को स्वास्थ्य बिजली और पानी की व्यवस्था सहित विभिन्न सुविधाएं पर्याप्त नही मिल पा रही है उन्होंने राफेल मामले पर ज्वांईट पार्लियामेंट कमेटी के गठन की मांग करते हुए कहा कि इससे सच्चाई सामने आएगी

कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने नगरोटा बगवां में आयोजित किसान सम्मान समारोह में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के आलू को चिप्स के लिए देशभर में जाना जाता है लेकिन यहां चिप्स की फैक्ट्री न होने से उत्पादकों को उनकी फसल के सही दाम नहीं मिल पाते रामलाल मारकण्डा ने कहा कि भूमि उपलब्ध होने पर फैक्ट्री के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए अब रसायनों उर्वरकों और कीटनाशकों पर सब्सिडी खत्म की जाएगी उन्होंने अधिकारियों से कृषि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया ताकि किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी मिल सके

जयराम राज्य सरकार पैंशनरों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अखिल भारतीय पैंशनर दिवस पर पैंशनर कल्याण संघ द्वारा सुंदरनगर में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि पैंशनरों ने अपनी सेवाकाल के दौरान राज्य के विकास में अहम योगदान दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृत होने के बाद भी ये कर्मचारी सरकार को राज्य के विकास के लिए नीतियां व कार्यक्रम तैयार करने में सक्रिय योगदान देते है इस मौके संघ के अध्यक्ष ने पैंशनरों की विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित विधायकगण और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे राज्यपाल राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक मनोहर कुमार ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं पर प्रस्तुति दी मनोहर कुमार ने बताया कि निगम लिमिटेड द्वारा देश से बाहर भी कई परियोजनाओं का सफलतापूर्वक निर्माण करने के अलावा प्रदेश की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं राज्यपाल ने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने पर एनपीसीसी के प्रयासों की सराहना की इस बीच राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सामाजिक सरोकार के सांझा काव्य संग्रह कसक बाकी है का विमोचन भी किया विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने प्रधानाचार्यों और मुख्यध्यापकों को अपना कर्त्तव्य ईमानदारी व जिम्मेदारी से निभाने का आहवान किया है वे आज सुलह निर्वाचन क्षेत्र के अरला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च पाठशालाओं के प्रधानाचायों व मुख्यध्यापकों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे विपिन परमार ने कहा कि शिक्षा तंत्र को और मजबूत व सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए साझे प्रयासों की जरूरत बताई और सभी अध्यापकों से इससे बचाव व शिक्षा में और सुधार को लेकर सुझाव मांगे गोविंद ठाक्र वन विभाग के फील्ड में तैनात कर्मचारियों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी वनमंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू में विभाग की तीन दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद व वन डयूटी प्रतियोगिता के उदघाटन अवसर पर ये बात कही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने पर सब्सिडी की राशि में वृद्धि करने को लेकर विचार किया जा रहा है वनमंत्री ने कहा कि इसके अलावा कर्मचारियों को जीपीएस युक्त उपकरण अत्याधुनिक कैमरे दिए जाएंगे गोविंद ठाकुर ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं वन विभाग के कर्मचारियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने के बावजूद ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया है आज चार शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया

राजधानी शिमला व आसपास के ईलाकों में दिनभर धूप निकलने से लोगों को ठंड से कृछ राहत मिली

निधन शिलाई के पूर्व विधायक जगत सिंह नेगी का आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे

उनका कल पांवटा साहिब में अंतिम संस्कार किया जाएगा राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सम्मेलन में प्रदेश के सभी हिस्सों से राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लाभार्थी हिस्सा लेंगे उधर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आज धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक की